केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखे एक पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि इस परियोजना के लिए सभी तकनीकी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं

उन्होंने कहा कि बंजार क्षेत्र में हैलीपैड बनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान समाज सेवा में लोगों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से ही राज्य सरकार कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में कामयाब रही है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने रोहड् क्षेत्र के लोगों के साथ भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए वचनबद्व है मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत चांशल को स्की व शीतकालीन खेलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है

सहकारी बैंक प्रदेश के तीन प्रमुख सहकारी बैंक सरकारी योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सहकारिता विभाग की एक बैठक में ये बात कही उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक कोर बैंक सोल्यूशन पर अपनी सभी शाखाएं चलाने वाला प्रदेश का पहला सहकारी बैंक है मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना मुद्रा योजना अटल पैंशन और प्रधानमंत्री जनधन जैसी योजनाओं के प्रभावी संचालन में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी और राज्य सहकारी बैंक का अहम योगदान है उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी ये बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

शिमला में आज वेबिनार के माध्यम से एम्बाईब के प्रतिनिधियों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाईन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लाभ होगा शिक्षा मंत्री ने इस दिशा में एम्बाईब के प्रयासों की सराहना की गोविंद ठाकुर युवा सेवाएं व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलो के विकास के लिए प्रदेश के हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री किरेन रिजिजू के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में शीतकालीन व साहसिक खेलो को बढ़ावा दिया जाएगा गोविंद ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम से प्रदेश के युवाओं व बच्चों में खेल गतिविधियों की ओर रूझान बढ़ा है उन्होंने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी खेल परिसर की तर्ज पर शिमला में अन्य खेल परिसर स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है

सोलन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके ग्प्ता ने बताया कि इन सभी लोगों को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया है

इस बीच चंबा जिले से आज सुबह सात नए कोरोना मामले सामने आए हैं ये सभी दूसरे राज्यों से वापिस लौटे हैं और इनमें चार आईटीबीपी के जवान शामिल हैं परमार पालमपुर क्षेत्र के गढ़ माता मंदिर को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के बाद बताया कि योजना के तहत ऐसे स्थलों का चयन किया जा रहा है जो प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है परमार ने परौर स्थित राधास्वामी सतसंग ब्यास के संस्थागत क्वारंटीन केंद्र का दौरा कर लोगों का कुशलक्षेम पूछा और लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए संस्था के पदाधिकारियों का आभार जताया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में पर्यटन व अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने के मुददे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की है उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं के साथ चर्चा के बाद ही सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए राठौर ने कांग्रेस नेताओं पर पुलिस मामले बनाने के लिए सरकार की आलोचना भी की है उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते जनहित के मुददे उठाना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है दुर्घटना सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में आज दोपहर एक नौ साल के बच्चे के यमुना नदी में बह जाने का समाचार है प्रशासन ने नदी में गोताखोरों की मदद से तलाशी अभियान चलाया है उधर लाहौल स्पिति के गौशाल गांव में पहाड़ से गिरकर कल शाम एक भेड़पालक की मौत हो गई पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आज भेड़पालक के शव को ढूंढ निकाला